खजुराहो सहित प्रदेश के कई संरक्षित स्मारक आज से खोले गये श्रावण का महीना शुरू पहले सोमवार को प्रदेश भर के देवालयों में भक्तों ने किये भगवान शिव के दर्शन

केन्द्रीय मंत्री श्री सदानंद गौड़ा ने राज्य को अतिरिक्त यूरिया का कोटा बढ़ाने का आश्वासन दिया और साथ ही प्रदेश में रैक प्वाइंट्स बढ़ाने की सहमति दी नरेगा महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से मानसून काल में श्रमिकों को गांव में ही रोजगार मुहैया हो सकेगा

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि मानसून काल में मनरेगा के माध्यम से वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण के कार्यो को प्राथमिकता दी जाएगी इसके लिए पूर्व निर्धारित लेबर बजट में बढ़ोतरी कर सभी जिलों को अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किए गए हैं उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में शहरों लौटकर आए श्रमिकों और पहले से कार्यरत श्रमिकों को वर्षा काल में नियमित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा की कार्य योजना में संशोधन किया गया है

सरकार ने जांच क्षमता बढाने के लिए राज्यों को महत्वपूर्ण मदद दी है इससे देश में इस बीमारी के फैलने की दर कम हुई है

कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिये मुरैना शहर में मास्क न लगाने वाले लोगों को जागरूक कर अर्थदण्ड भी दिया जा रहा है सीधी जिले में दो दिनों के भीतर आधा दर्जन लोग संक्रमित पाये गये हैं इन सभी को आइसोलेट किया गया है

आज एक और मरीज ठीक होकर अपने घर गया

उधर होशंगाबाद जिले में एक बुजूर्ग की कोरोना से मौत होने की खबर है

केंद्रीय पर्यटन एवम संस्कृति राज्य मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि दूसरे चरण में देशभर में पर्यटक स्थल स्मारक मंदिर आज से खुले है श्री पटेल ने आज सागर जिले के ऐतिहासिक राहतगढ़ किले का निरीक्षण के दौरान ये जानकारी दी

उज्जैन में आज बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलें पहली बार सवारी महाकाल मंदिर से हरसिद्धि चौराहा होते हुए रामघाट पहुंची बैतूल के बालाजीपुरम में श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक का सिलसिला सोमवार से शुरू हो गया है जो पूरे मास पर चलेगा छतरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज खजुराहो के प्राचीन मतंगेश्वर शिव मंदिर को श्रद्वालुओं के दर्शन के लिए खोला गया है आज पहले दिन ही लोग बड़ी संख्या में काउंटर पर टिकट लेते देखे गए राजधानी भोपाल के गुफा मंदिर नेवरी मंदिर और लक्ष्मीनारायण मंदिर में शिवभक्त दर्शनों के लिए पहंच रहे हैं वहीं राजधानी के समीप रायसेन जिले के भोजपुर मंदिर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं सीहोर जिले में श्रावण माह के पहले सोमवार को शिवालय में भक्तो की खासी भीड़ उमड़ी द्य सुबह से ही भक्तो ने शिवालयो में अभिषेक किया और पूजा अर्चना की आगर मालवा के प्रसिद्ध वैद्यनाथ शिव मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सुबह से ही श्रद्वालुओं का तांता लगा हुआ है होशंगाबाद ग्वालियर जबलपुर रीवा और टीकमगढ़ सहित कई जिलों के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक किये जाने के समाचार मिले हैं

श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि देश की प्रगति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अनुकरणीय योगदान रहा है उन्होंने देश की एकता सुदृढ़ करने का अनवरत प्रयास किया प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके विचारों और आदर्शो से करोड़ों देशवासियों को प्रेरणा मिली है इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने आज कहा कि डॉ मुखर्जी के सपनों को मोदी सरकार पूरा कर रही है उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने एक देश में दो विधान दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे का नारा दिया और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए अपने प्राणों की आहूति दी सीएम बासमती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग दिलाने के आग्रह के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से मुलाकात की

पिछले चौबीस घंटों के दौरान रीवा सागर शहडोल जबलपुर इंदौर उज्जैन भोपाल और होशंगाबाद संभागों में अनेक स्थानों पर बारिश हुई

छिंदवाड़ा जिले में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई और छह लोग झुलस गये मौसम विभाग ने अगले चौबीस घण्टों में रीवा सागर शहडोल जबलपुर इंदौर उज्जैन भोपाल और होशंगाबाद संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है